हाईड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजने के भारत के निर्णय पर अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के आभार व्यक्त करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत अमरीका भागीदारी वर्तमान में पहले के मुकाबले सबसे अधिक मजबूत है उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट जैसी स्थितियों में मित्रों के करीब आने और एकजुट होन की अधिक आवश्यकता है

इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत सरकार और भारत के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत का एहसान भुलाया नही जा सकता उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदृढ़ नेतृत्व न केवल भारत के लिए बल्कि इस महामारी से लड़ने में पूरी मानवता के लिए मददगार है

संसद में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राजनीतिक दलों क नेताओं से बातचीत म उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है

श्री मोदी पहले भी दो बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में यह ऐप एक महत्वपूर्ण कदम है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी लोगों से सुरक्षित रहने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह ऐप सर्वोत्तम चिकित्सीय सलाह भी देता है श्री जावडकर ने लोगों से कहा कि हर व्यक्ति संक्रमण मुक्त रहेगा तभी देश संक्रमण मुक्त होगा

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में मेडिकल सैनिटाईजेशन और डोर स्टेप डिलवरी टीमों का ही आवागमन अनुमन्य होगा

उन्होंने कहा कि हॉट स्पाट क्षेत्रों को सेक्टरवार विभाजित करते हुए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जाये

उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने पर हर व्यक्ति फेस कवर या मास्क का प्रयोग करे और बिना फेस कवर के बाहर से नहीं निकल मुख्यमंत्री ने आरोग्य सेतू मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये

अप्रैल महीने की धनराशि महिला खातेदारों के खाते में डाल दी गयी है इसी तरह मई और जून के महीने में भी पांच पांच सौ रुपये की धनराशि उनके खातों में डाली जाएगी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि महिला खाताधारक अपने जनधन खाते से किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार एटीएम अथवा बैंक से अपनी यह रकम प्राप्त कर सकेंगी गौरतलब है कि बुधवार को खाते में पैसा आने की खबर के बाद पैसा निकालने के लिए बैंको के सामने खाताधरकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी अधिकारियों ने लोगो से अनुरोध किया है कि वे लाकडाउन तथा सामाजिक दूरी बनाये रखें ताकि करोना वायरस के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके केंद्र सरकार आम लोगों की समस्याओ को दूर करने के लिए हर संभव मदद कर रही है बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन अफवाहों का खडन किया है कि भारत सरकार द्वारा महिला जन धन खातों में जमा की गई धनराशि अगर दो चार दिनों में न निकाली गई तो यह धनराशि वापस हो जायेगी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

कोरोना महामारी से निपटने के लिये प्रदेश सरकार ने आर्थिक संसाधन जुटाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये है सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए केन्द्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के वेतन भत्तों में तीस प्रतिशत की कमी की गई है इस बात की मंजूरी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई यह धनराशि एक वर्ष तक यूपी कोविड केयर फंड में जायेगी इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के प्रतिमाह वेतन तथा भत्तों में भी तीस प्रतिशत कटौती करने पर भी अपनी मोहर लगा दी वेतन और भत्तों में कटौती से सत्रह करोड़ पचास लाख पचास हजार रूपये की धनराशि कोविड केयर फंड में जमा की जायेगी इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात का भी निर्णय किया गया कि विधायकों की क्षेत्र विकास निधि एक वर्ष तक स्थगित रहेगी

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि इसके लिये बाजार में मिलने वाले ट्रिपिल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है या किसी साफ कपड़े से तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा रूमाल दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक डिजोज एक्ट का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार विधिक कार्रवाई की जायेगी राज्य में लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराया जा रहा है अपर मुख्य सचिव अवनोश अवस्थी ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में बारह हजार दो सौ छब्बीस लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है उन्होंने बताया कि अब तक तेरह लाख से अधिक वाहन चेक किये गये जिनसे पांच करोड़ इकसठ लाख रूपये का जूर्माना वसूला गया उधर प्रदेश में सड़सठ नये केस मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या चार सौ दस हो गई है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इनमें से दो सौ इक्कीस केस तबलीगी जमात के हैं उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में चालीस जनपद कोरोना से प्रभावित है श्री प्रसाद ने बताया कि इकतीस कोरोना रोगी पूर्ण उपचारित होकर घर जा चुके हैं अब तक राज्य में कोरोना से चार लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया कि सात हजार चार सौ इक्यानवे लोगों के नमूनों की टेस्टिंग कराई गई है

इसमें मेरठ गाजियाबाद गौतमबुद्ध नगर आगरा कानपुर लखनऊ सीतापुर सहारनपुर वाराणसी शामली फिरोजाबाद बुलंदशहर बरेली और महाराजगंज जिले शामिल हैं

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन जिलों में विभाग के अधिकारियों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे श्रमिकों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को घर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं होगी

सभी जरूरी सामानों को घर पर ही डिलीवर किया जाएगा लोग अपनी जरूरत की दवाइयां और राशन का सामान ऑनलाईन मंगा सकेंगे सरकार एक केंद्रित कॉल सेंटर बनाएगी जहां लोग जरूरी सामानों का ऑर्डर दे सकें सब्जी और फलों के बाजार और बैंक तथा दुकानों सहित वे सभी जगह जहां पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है पूरी तरह से सील रहेंगी